कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ रही है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

सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज़ दूरी है ज़रूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ़ रखें

राज्य चुनाव आयोग ने मतदान के दौरान कोविड दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के आदेश दिये थे जिसका मतदाताओं ने पालन भी किया कई बूथों पर निरीक्षण के दौरान मतदाता मास्क लगाये हुए मिले और सामाजिक दूरी का भी पालन किया इस दौरान जिला प्रशासन द्वारा मतदाताओं के हाथों को सैनिटाइजे और उनका टम्प्रैचर चेक करने के बाद पोलिंग बूथों के अन्दर प्रवेश दिया गया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में कोविड की स्थिति से निपटने के लिए सेना की तैयारियों और पहलों की आज समीक्षा की प्रधानमंत्री और सेनाध्यक्ष एमएमनरवणे ने कोविड प्रबंधन में मदद के लिए सेना की विभिन्न पहलों और उपायों पर विचार विमर्श किया सेना प्रमुख नरवणे ने प्रधानमंत्री को बताया कि सेना ने अपने चिकित्सा कर्मचारियों को राज्यं सरकारों की सेवा में तैनात किया है उन्होंने कहा कि सेना देश के विभिन्न भागों में अस्थायी अस्पताल बना रही है सेनाध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को जानकारी दी कि सेना अपने अस्पतालों को नागरिकों के लिए भी खोल रही है उन्होंने कहा कि सेना उन स्थानों पर आयातित ऑक्सीजन टैंकरों और वाहनों के लिए जनशक्ति के साथ मदद कर रहो है जहां उनके प्रबंधन के लिए विशेष कौशल की आवश्यकता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश में हो रही साप्ताहिक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है अब शुक्रवार रात आठ बजे से मंगलवार सुबह सात बजे तक बंदी रहेगी

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार बंदी के दौरान प्रदेश भर में सैनिटाइजेशन स्वच्छता और फॉगिंग के कार्य किये जायेंगे साथ ही औद्योगिक गतिविधियां चलती रहेंगी उन्होंने बताया कि औद्योगिक संस्थानों में काम करने वाले श्रमिक अपना परिचय पत्र दिखा कर आ जा सकेंगे

अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि आज पौने छह सौ मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई की गई उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये टैंकरों को जमशेदपुर से लाया जा रहा है

उन्होंने यह भी बताया कि आज लखनऊ से हवाई जहाज के माध्यम से भी ऑक्सीजन के लिये एक टैंक रांची भेजा गया

उन्होंने बताया कि प्रत्येक जनपद के हर सामूदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर बीस ऑक्सीजन कंसेट्रेटर्स लगाये जाने की योजना बनाई गई है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

केन्द्र सरकार ने देश में कोविड महामारी की स्थिति के कारण बढती मांग के बीच महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरणों के आयात की प्रकिया तेज कर दी है

आयात और सीमा शुल्क संबंधी मंजूरी के लिए छूट दी गई है नये प्रावधानों के अंतर्गत सीमा शुल्क से त्वरित मंजूरी के बाद आयातकों को अनिवार्य रूप से घोषणा पत्र देना होगा ऐसा करने पर प्रक्रियात्मक कारणों से आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की ढुलाई में होने वाली देरी से बचा जा सकेगा उपभोक्ता कार्य विभाग ने कल इस संबंध में आदेश जारी किया जो तीन महीने तक लागू रहेगा नेब्रलाइजर्स ऑक्सीजन कंसेन्ट्रेटर सीपीऐपी और बीआईपीएपी वैकुअम प्रेशर स्विंग एडजोपर्शन ऑक्सीजन प्लांट क्रायोजेनिक ऑक्सीजन एयर सेपेरेशन यूनिट के आयात की अनुमति दी गई है इसके अलावा ऑक्सीजन कैन ऑक्सीजन फिलिंग प्रणाली और क्रायोजेनिक सिलेंडरों तथा वेंटीलेटरों सहित ऑक्सीजन सिलेंडर के आयात की भी अनुमति दी गई है विभाग ने निर्देश दिया है कि आयातक राज्य के अधिकारियों को आयात करने वाले ऐसे सभी उपकरणों के बारे में सूचित करेंगे विभाग ने कहा है कि चिकित्सा उपकरणों की बढ़ती मांग से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए आपात स्वास्थ्य स्थिति और चिकित्सा उद्योग को इन उपकरणों की तत्काल आपूर्ति करने के लिए यह फैसला लिया गया है

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म ने कल बिना किसी तकनीकी बाधा के काम किया मंत्रालय ने कहा कि कोविन सॉफ्टवेयर मजबूत विश्वसनीय और कुशल तकनीक है और इससे किसी भी स्थान से किसी भी समय टीकाकरण के लिए पंजीकरण कराया जा सकता है मंत्रालय ने कहा कि इस विशेष डिजिटल प्लेटफॉर्म को डिजाइन करते समय इसकी गति और बड पैमाने पर कार्यक्षमता को ध्यान में रखा गया है

उन्होंने कहा कि रिटायर कर्मचारियों और मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे तीसरे और चौथे साल की पढ़ाई कर रहे मेडिकल छात्रों को भी कोरोना चिकित्सा कार्यो में लगाया जायेगा कोरोना महामारी के बीच दवाओं के साथ ही वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की लोगों को जहां जरूरत पड़ रही है तो वही कोरोना पर जीत हासिल कर चुके मरीजों के प्लाज्मा की भी मांग बढ़ी है किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ ब्लड बैंक की इंचार्ज डॉक्टर तूलिका चंद्रा ने स्वस्थ हो चुके कोरोना मरीजो से अपील की है कि वो आगे आय और लोगो की जान बचाने में अपना सहयोग करे उन्होंने कहा कि गभीर कोरोना पीड़ित को बचाने का एक उपाय प्लाज्मा है प्लाज्मा सिर्फ उन्हीं से दान में मिल सकता है जो पहले कोरोना से संक्रमित होकर ठीक हो चुके है कोरोना से ठीक हुए लोगों के शरीर में एंटी बॉडी बन जाती है एंटी बॉडी एक प्रकार का प्रोटीन होता है रोग पैदा करने वाले रोग जनकों को पहचानकर उनसे लड़ते हैं इस प्रक्रिया में पूर्व में संक्रमित हो चुके शख्स का एंटीबाडी चेकअप होता है प्रयोगशाला में डॉक्टर की देख रेख में खून से प्लाज्मा को अलग किया जाता है जिसमें वायरस से लड़ने वाली एंटीबाडी शामिल होती हैं प्लाज्मा निकाल कर इसे संक्रमित व्यक्ति में ट्रांसफर किया जाता है यह संक्रमित व्यक्ति के शरीर में पहुँच कर रोग से लड़ने में मदद करता है